राहुल गांधी निर्मला सीतारमण शत्रुघ्न सिन्हा और जयाप्रदा ने किया प्रचार

चुनाव प्रचार लोकसभा चुनाव के देश के छठे और प्रदेश के तीसरे चरण का प्रचार कल शाम समाप्त हो जायेगा

इनमें प्रदेश की आठ लोकसभा सीटें मुरैना भिण्ड ग्वालियर गुना सागर विदिशा भोपाल और राजगढ़ शामिल हैं इस चरण के लिये प्रदेश में चुनाव प्रचार चरम पर है दोनों प्रमुख दलों भाजपा और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के नेता प्रदेश में अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज सागर के बीना में चुनावी सभा की श्री गांधी ने जनसभा में कहा कि कांग्रेस ने मध्यप्रदेश राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्ज माफ किया है वहीं केन्द्र सरकार पर आरोप लगाते हुये कहा कि मोदी पिछले पांच साल से लगातार झूठ बोल रहे हैं

भोपाल में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है रक्षामंत्री ने कहा कि पांच सालों में दुनिया में भारत के प्रति सम्मान बढ़ा है

केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर मुरैना में जनसंपर्क कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में राजगढ़ में चुनावी सभा ली शत्रुघन सिन्हा ने कांग्रेस उम्मीदवार के लिए राजगढ़ में प्रचार किया वहीं वे शाम को भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के लिये प्रचार करेंगे वहीं जयाप्रदा ने गुना और सागर जिले के खिमलासा में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा की उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता के मामलें पर फैसला आने तक उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने के लिये केन्द्र सरकार और चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग वाली याचिका आज खारिज कर दी प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि किसी कंपनी के किसी दस्तावेज में ब्रिटिश नागरिक लिखे जाने से कोई व्यक्ति वहां का नागरिक नहीं हो जाता

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लोकसभा निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने की वजह से सभी केवल ऑपरेटर संचालकों और सोशल मीडिया के नोडल अधिकारी को बायोपिक पोस्टरों का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रदर्शन नहीं करने के निर्देश दिये गये हैं सभी संबंधितों को इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की हिदायत दी गई है अकाशवाणी संगीत प्रतियोगिता संगीत के क्षेत्र में युवा प्रतिभाओं को खोजने और प्रोत्साहन के उद्देश्य से आकाशवाणी द्वारा अखिल भारतीय आकाशवाणी संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है प्राथमिक चरण की प्रतियोगिता आकाशवाणी के भोपाल केन्द्र पर होगी

इसी कड़ी में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो इंदौर द्वारा कल कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया है इसमें कई जाने माने कवि शामिल होंगे दूसरी ओर आज देवास में सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को मतदान करने का संदेश दिया वहीं कार्यक्रम में मतदाता जागरूकता संबंधी प्रदशर्नी भी लगाई गई शिवपुरी में शासकीय महाविद्यालय के छात्रों द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई खंडवा में कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने मतदान केन्द्रों पर झूलाघर पेयजल और अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए मतदाताओं से मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की रायसेन में सार्वजनिक स्थलों पर नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से मतदाताओं को मताधिकार का इस्तेमाल करने का संदेश दिया जा रहा है झाबुआ जिले में विवाह कार्यक्रमो में और अन्य समारोह में आने वाले अतिथियों को मतदान का संकल्प दिलाया जा रहा है विशेष कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार एकांश के लोकसभा चुनाव पर केन्द्रित विशेष कार्यक्रम आपका वोट आपकी सरकार में आज रात आठ बजे से आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से सुनिए विदिशा भोपाल और राजगढ़ लोकसभा सीटों का हाल यहां के अहम मुददों पर लोगों की राय और सियासी समीकरणों का लेखा जोखा मौसम राजस्थान की ओर से गर्म हवाओं के कारण प्रदेश में गर्मी दिनों दिन बढ़ती जा रही है कोई व्हेदर सिस्टम नहीं बनने और नमी की वजह से आंशिक बादल छाये रहने से भी गर्मी बढ़ रही है

शहडोल संभाग में सामान्य से अधिक तापमान रहा वहीं अन्य संभागों में मौसम सामान्य रहा

मौसम विभाग ने बताया कि आगामी दो सप्ताह तक प्रदेश के मौसम में कोई तब्दीली आने के आसार नहीं है स्थानीय बादलों के बन जाने से कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है

दुर्घटना एक डंपर के ब्रेक फेल होने के कारण हई